प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि अफवाहों को रोकने में लोक प्रसारक आकाशवाणी की विशेष भूमिका है कल नई दिल्ली में रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले रेडियो जॉकीज़ के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बातचीत में श्री मोदी ने उनसे अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए कार्य करने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि रेडियो जॉकीज़ को विशेषज्ञों के विचारों और सूचनाओं के प्रसार के साथ साथ सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों की जानकारी अपने श्रोताओं तक पहुंचानी चाहिए श्री मोदी ने कहा कि आम लोगों द्वारा महसूस की जाने वाली परेशानियों और चुनौतियों के बारे में लोगों के फीडबैक से सरकार को अवगत कराना चाहिए ताकि इनके समाधान के लिए तत्काल कदम उठाये जा सकें प्रधानमंत्री ने कोविड नाइन्टीन महामारी की रोकथाम में रेडियो जॉकीज की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी ये लोग अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और घर ही से कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अपने श्रोताओं के साथ सहानुभूति की आवश्यकता पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि रेडियो जॉकीज को डॉक्टरों और अन्य चिकित्साकर्मियों तथा एयरलाइन कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं की जानकारी देकर कोविड नाइन्टीन को लेकर लोगों के मन में भय को दूर करना चाहिए प्रधानमंत्री ने दिन रात जनता की मदद करने वाले प्रलिसकर्मियों के बारे में भी अपने श्रोताओं को जागरूक बनाने का आग्रह किया श्री मोदी ने कोविड नाइन्टीन महामारी का मुकाबला करने के लिए एक सौ तीस करोड़ भारतीयों से राष्ट्र के स्वयंसेवक के रूप में कार्य करने का आहवान किया प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार ने गरीबों और उपेक्षित लोगों की मदद के लिए अनेक उपायों की घोषणा की है और इनके बारे में सूचना आम लोगों तक सही तरीके से और समय पर पहुंचनी चाहिए अपने उत्तर में रेडियो जॉकीज ने प्रधानमंत्री को अपनी ही बिरादरी का सदस्य बताते हुए कहा कि वे दो हजार चौदह से मन की बात कार्यक्रम का सफल संचालन कर शानदार रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सफल रेडियो प्रसारक होने का प्रमाण यह है कि उनके जनता कपर्यू के आह्वान का लोगों ने अभूतपूर्व समर्थन किया है सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और सूचना एवं प्रसारण सचिव रवि मित्तल ने भी विचार विमर्श में हिस्सा लिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न राज्यों में कार्यरत प्रदेश के मूल निवासी श्रमिकों से पूर्णबन्दी के दौरान अपने आजीविका वाले स्थान पर बने रहने की अपील की है इस संबंध में मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र हरियाणा तथा उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वार्ता कर उनके राज्यों में प्रदेश के निवासियों को सभी व्यवस्थाएं यथास्थान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है मुख्यमंत्री ने इन श्रमिकों के यथास्थान ठहरने तथा भोजन आदि की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है म्ख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है इसके मददेनजर पूर्णबन्दी के दौरान श्रमिकों की यात्रा उनके परिवार सहित अन्य लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को जोखिम में डाल सकती है केंद्र ने कोविड नाइन्टीन के मद्देनजर लोगों से आपसी संपर्क के समय सुरक्षित दूरी बनाए रखने और प्रवासी श्रमिकों तथा विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने संबंधी परामर्श जारी किया है केंद्रशासित प्रदेशों और राज्यों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा है कि वे इक्कीस दिन के राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के दौरान प्रवासी श्रमिकों खेतिहर मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के अन्य कामगारों के खाने पीने और ठहरने का इंतजाम करने के लिए तत्काल कदम उठाएं राज्यों को विद्यार्थियों और अन्य राज्यों से आई कामकाजी महिलाओं को अपने मौजूदा निवास में रहने की अनुमति देने के लिए कदम उठाने की सलाह भी दी गई है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगा खेडकर ने कहा है कि अब तक देश में कोविड नाइन्टीन के सामुदायिक फैलाव का कोई प्रमाण नहीं मिला है उन्होंने बताया कि भारत बहुत जल्द कोविड नाइन्टीन के इलाज में काम आने वाली संभावित दवा के परीक्षणों में हिस्सा लेगा भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रमुख व्याज दरों में कमी किए जाने की घोषणा की है बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी रेपो दर में पचहत्तर आधार अंकों की कमी की गई है नई रेपो दर चार दशमलव चार प्रतिशत होगी इसी तरह रिवर्स रेपो दर में भी नब्बे आधार अंकों की कमी करके उसे चार प्रतिशत कर दिया गया है श्री दास ने कहा कि नकद आरक्षी अनुपात सीआरआर भी चार प्रतिशत से घटाकर तीन प्रतिशत कर दिया गया है इन उपायों से अर्थव्यवस्था में तीन लाख चौहत्तर हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त उपलब्ध होंगे रिजर्व बैंक ने सभी कर्जो के मासिक भुगतान पर तीन महीने तक की राहत की भी घोषणा की है ग्रामीण बैंक छोटे वित्त बैंक स्थानीय बैंक को ऑपरेटिव बैंक एनबीएफसी माइक्रो फाइनेन्स संस्थानों सहित सभी के कर्जो के मासिक भुगतान पर तीन महीने तक की राहत प्रदान की गई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय रिजर्व बैंक के कदमों का स्वागत किया है ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से बचाने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक की इन घोषणाओं से नगदी के प्रवाह में सुधार होगा तथा मध्यम वर्ग और व्यापार जगत को राहत मिलेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी रिजर्व बैंक की घोषणा का स्वागत किया है देश में कोविड नाइन्टीन के सात सौ चौबीस मरीजों की पृष्टि हुई है और सत्रह लोगों की इस महामारी से मौत हुई है स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कल बताया कि पिछले चौबीस घंटों में पचहत्तर नये रोगियों और चार लोगों की मौत की जानकारी मिली है उन्होंने बताया कि कोविड नाइन्टीन के फैलाव को रोकने के लिए एक लाख चालीस हजार कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की इजाजत दी है श्री अग्रवाल ने इस बात की पुष्टि की कि सरकार ने दस हजार वेंटिलेटर की खरीद के आदेश दिए हैं प्रदेश में पूर्णबंदी के दौरान खाद बीज तथा कृषि संबंधी रसायनों की थोक और फुटकर दुकानें भी खुली रहेंगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कल शासन ने इस संबंध में सभी मंडलायुक्तों और जिला स्तर के अधिकारियों को निर्देश जारी किए खाद बीज तथा रसायन बनाने वाली कंपनियां और श्रमिक भी इस छूट के दायरे में आएंगे इसके साथ ही कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि कार्यों से संबद्ध श्रमिकों को भी छूट के दायरे में रखा गया है प्रदेश सरकार ने किसानों को पूर्णबंदी से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए यह निर्णय लिया है प्रदेश सरकार ने पूर्णबन्दी के कारण परेशानी का सामना कर रहे राज्य के लोगों की सहायता के लिए दिल्ली में उत्तर प्रदेश भवन में चौबीसों घंटे कार्य करने वाले नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है इसका नंबर है शून्य एक एक दो छः एक एक शून्य एक पांच एक और दो छः एक एक शून्य एक पांच पांच

सूचना और प्रसारण मंत्रालय और प्रसार भारती ने आज से रामायण धारावाहिक का दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर फिर से प्रसारण का निर्णय लिया है इसे रोजाना सुबह नौ बजे से दस बजे तक और रात को नौ से दस बजे तक प्रसारित किया जायेगा प्रतिदिन धारावाहिक के दो एपिसोंड प्रसारित होंगे दूरदर्शन पर आज से महाभारत धारावाहिक भी प्रसारित किया जाएगा इसका प्रसारण प्रतिदिन दोपहर बारह बजे और शाम सात बजे होगा

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने टवीट कर धारावाहिकों के फिर से प्रसारण पर ख्शी जाहिर की है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नोवल कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षा के लिए बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करने की सलाह दी है

खांसी और बुखार होने की स्थिति में अन्य लोगों के निकट संपर्क में न आने की सलाह दी गई है हाथों को अच्छी तरह धोए बिना आंख नाक और चेहरे का स्पर्श न करने को कहा गया है लोगों से सार्वजनिक स्थलों पर न थ्रकने के निर्देश का कड़ाई से पालन करने को भी कहा गया है साबुन और पानी से बार बार हाथ धोने तथा खांसते छींकते समय नाक और मुंह पर रुमाल या टिशू पेपर रखने का भी परामर्श दिया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने चौबीसों घंटे और सातों दिन काम करने वाली हेल्पलाइन की व्यवस्था की है इसका नम्बर है एक शुन्य सात पांव प्रदेश सरकार ने भी हेल्पलाइन नम्बर जारी किया है